स्वास्थ्य मंत्रालय ने कूल्हे के गलत प्रतिरोपण की क्षतिपूर्ति के लिए फार्मूले को मंजूरी दी

उर्वरकों की मिलावट की शिकायत पर बागेश्वर में मुख्य कृषि अधिकारी ने चलाया छापेमारी अभियानप्रयोगशाला भेजे गए सैंपल स्लग दीक्षांत समारोह देहरादून में आज दून विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन विश्व विद्यालय परिसर में किया गया समारोह में भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी को डाक्टरेट ऑफ साइंस और लोकप्रिय गायक नरेन्द्र सिंह नेगी को डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि प्रदान की गई उच्च शिक्षा विभाग की ओर से हर साल पांच लोगों को मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा

इस अवसर पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि दून विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है कि वह शोधकर्ताओं का प्रोत्साहन और विकास के लिये नीति निर्माण में सहायक बने उन्होंने कहा कि योग स्वच्छता हिमालय और नदियों पर उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों के साथ इन विषयों पर काम करना चाहिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि दून विश्वविद्यालय से उनका पुराना नाता रहा है उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सत्र के अनुरूप सभी कार्य किये जा रहें हैं उन्होंने विश्व विद्यालय को पांच करोड रूपये देने की भी घोषणा की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि दीक्षांत समारोह में हर साल देश समाज और राज्य के लिये विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले पांच प्रोफेसरों को हर साल शिक्षाविद डॉक्टर भक्त दर्शन के नाम पर सम्मानित किया जाएगा वेद और योग को उच्च शिक्षा में शामिल किया जायेगा वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि हिमालय की सुरक्षा और संवर्द्दन हमारी पहली प्राथमिक होनी चाहिए साथ ही कहा कि प्रदेश के जलस्रोतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और स्थानीय बोलियों को बढ़ावा देने पर भी उन्होंने जोर दिया स्लग कृत्रिम कूल्हा स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव प्रीति सूडान ने ऐसे मरीजों को क्षतिपूर्ति के लिए पैकेज की घोषणा की है जिन्होंने खराब कूल्हे की जगह ब्रिटेन की कंपनी डेप् इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा बनाए गए कृत्रिम कूल्हा लगवाया है

आकाशवाणी से बातचीत में सुश्री सूडान ने बताया कि सरकार ने पहली बार यह साहसिक कदम उठाया है उन्होंने बताया देश के लोगों के लिए क्षतिपूर्ति का यह सबसे बड़ा पैकेज है

केन्द्र ने कल ही ऐसे मरीजों को क्षतिपूर्ति के बारे में एक फार्मूले को मंजूरी दी थी मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से अपने यहां रोगियों की इसी तरह जांच करने का आग्रह किया है जिससे राज्यों के रोगी बेहतर प्रक्रिया का लाभ पा सकें स्लग पंचेश्वर बांध केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन एस मसूद हसैन ने कहा कि अगर भारत और नेपाल के बीच सामंजस्य बना तो बहुप्रतीक्षित पंचेश्वर बांध की डीर्पीआर एक महीने में पूरी होने की संभावना है नेपाल के विशेषज्ञ दल के साथ पंचेश्वर बांध के स्थलीय निरीक्षण के दौरान केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन ने कहा कि भारत और नेपाल के आपसी समन्वय से इस बहउद्देशीय परियोजना को गति मिली है उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ दल ने यहां सॉयल रॉक वॉटर आदि बिंदुओं का भौगोलिक अध्ययन किया स्थलीय निरीक्षण के दौरान श्री हुसैन ने नेपाल और विप्कोस के अधिकारियों के साथ बांध के डूब क्षेत्र विस्थापन परियोजना के आकार आदि पर चर्चा की साथ ही निर्माणाधीन सुरंग का भी मुआयना किया इससे पहले उन्होंने बांध प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी विभिन्न समस्याएं सुनीं

इनमें पूर्व विधायक ललित फस्वार्ण भी शामिल हैं प्रभावितों का इलाज बागेश्वर कपकोट समेत बेरीनाग के अस्पताल में चल रहा है बारात बास्ती गांव गई था जहां बारातियों ने दोपहर का खाना खाया था शाम को बारात जब गडेरा गांव वापस आयी कई बारातियों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा वहीं बास्ती गांव में भी दर्जनों ग्रामीण फूड प्वाइजनिंग की चपेट में आ गए उल्टी दस्त होने पर ग्रामीणों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया मामला संज्ञान में आने पर प्रशासन ने उपजिलाधिकारी कांडा को बास्ती गांव भेजाजबकि उपजिलाधिकारी कपकोट को गडेरा गांव में भेजा गया साथ ही जिला मुख्यालय से डाक्टरों की टीमों को प्रभावित गांवों में भेजा गया है फिलहाल सबकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है

ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र सहायक साबित हो रहे हैं इस योजना के शुरू होने के बाद लोगों को खासा लाभ मिला है ऊधमसिंह नगर जिले में भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र गरीब बीमार लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है

लाभार्थी बिंदा देवी का कहना है कि पहले जिला चिकित्सालय परिसर में ही दवाइयों की द्वकान थी जिस पर दवा काफी महंगी मिलती थीं जब से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुला है तब से काफी सस्ती दवाइयां मिल रही हैं गिरि राज सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की परेशानियों को देखते हए यह अच्छी योजना चलाई है पहले दवाइयां काफी महंगी मिलती थी जन औषधि केंद्र खुलने के बाद सस्ती दवाइयां मिल रही हैं इससे इलाज में भी आसानी हो रही है जहां पहले लोगों का इलाज का आधा खर्च सिर्फ दवाओं पर लग जाता था वहीं अब जन औषधि केंद्र खुलने से लोगों को दवाइयों के लिए कम खर्च करना पड़ रहा है इससे जहां लोगों को आर्थिक बचत हो रही है वहीं बेहतर इलाज भी मिल पा रहा है स्लग छापेमारी बागेश्वर उर्वरकों में मिलावट होने की शिकायत पर बागेश्वर में मुख्य कृषि अधिकारी वीपी मौर्या ने अपनी टीम के साथ जिले के साधन सहकारी समितियों कृषि निवेश केंद्रों में छापेमारी की छापे में दस उर्वरकों के सैंपल भरकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है उन्होंने केंद्रों में स्टॉक का निरीक्षण भी किया मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि लंबे समय से काश्तकारों से उवर्रकों में मिलावट की शिकायत मिल रही थी उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को अच्छी गुणवत्ता युक्त खाद बीज और पेस्टीसाइड उपलब्ध करा रही है अगर जांच में कोई मिलावट मिलती है तो संबंधित कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि आगे भी अभियान जारी रहेगा